इससे क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा ये जानकारी सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकूर ने आज धर्मपूर क्षेत्र के भरतपूर में एक जनसभा में दी इस अवसर पर उन्होंने गृहिणी सुविधा योजना के तहत एक सौ पात्र मेहिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन भी वितरित किए

जानकारी के अनुसार ये हादसा रात के समय हुआ लेकिन सुबह तक किसी को इसकी भनक नहीं लगी आज सुबह एक स्थानीय व्यक्ति ने कार को खाई में देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी सोलन से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार पांचों मृतक हरियाणा के रायपुर रानी क्षेत्र के ैनिवासी बताए गए हैं ये सभी शिमला की ओर आ रहे थे इनमें से एक मृतक की पहचान कार चालक विपुल के रूप में हुई है पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने पालमपुर के खैरा में आज सामुदायिक भवन और राजकीय विद्यालय के बहुउद्देशीय भवन का लोकार्पण किया एक जनसंभा में उन्होंने कहा कि राज्य में इसी माह के अंत तक एक सौ नई एम्ब्लेंस उपलब्ध करवाई जा रही हैं विपिन परमार ने खैरा स्कूल के वार्षिक उत्सव में मेघावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया उन्होंने अभिभावकों और अध्यापकों से युवाओं को नशे से बचाने के लिए सजग रहने की अपील की

वन मंत्री गोविंद ठाकर ने आज मनाली में एक बैठक में बताया कि इससे क्षेत्र की कई पंचायतो को बेहतर सड़क सुविधा मिल सुकेगी उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को धार्मिक पर्यटन स्थल वशिष्ठ में पार्किंग को निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के भी निर्देश दिए वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि राज्य सरकार ने दो वर्ष भें गांव व गरीब के उत्थान के लिए काम किया है ऊना जिले के राजकीय विद्यालय बौल के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि इस अवधि में गांवों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में अच्छे रास्ते बनाने पेयजल समस्या दूर करने और बुनियादी ढांचे को मज़बूत बनाने पर काम किया गया है हंसराज दूसरी ओर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर के प्रयासों से हिमाचल नए शिखर की ओर बढ़ा है चम्बा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से चम्बा जिले को नई सौगात दी है

रेडक्रॉस सांसद राम स्वरूप शर्मा ने मानवता के कल्याण में रेडक्रॉस की मूमिका को अहम बताया है मण्डी ज़िले के जोगिन्दनगर में आज रेडक्रॉस मेले के अवसर पर उन्होंने कहा कि विपंरीत परिस्थितियों के बावजूद रेडक्रॉस मानव कल्याण के लिए हमेशा कार्यरत है उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से रेडक्रॉस समिति से जुड़ने का आहवान किया ताकि मुश्किल समय में जुरूरतमंदों की मदद की जा सके राम स्वरूप शर्मा ने बताया कि जोगिन्दनगर में रेलवे का इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे